और पटना सहित पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने आज दिन क ग्यारह बजे से तीन बजे तक देशव्यापी बंद का आहवान किया है बिहार में भारत बंद को राजद कांग्रेस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वाम दलों ने समर्थन दिया है भारत बंद के आहवान को देखते हए प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट किया है जगह जगह दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गयी है साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर विशेष चौकसी की जा रही है गड़बड़ी फैलाने वाले और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिये गये हैं केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस और गैर भाजपा दल केवल सरकार के प्रयासों के विरोध के लिए ही देश में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के कार्यो से पता चलता है कि वे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं

दे आर सिकिंग ट्र कन्फ्यूज बेस्ड अपोन रॉग फेक्ट्स और दूसरी बात जो काम आपने करने की कोशिश की जो आपने पूरा नहीं किया जिसको आप सही मानते थे आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए हम उनकी इन प्ररी धारणा का विरोध करते हैं और उसकी भर्तसना करते हैं और देश का किसान सच्चाई को समझता है श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दो हजार उन्नीस के अपने चूनाव घोषणा पत्र में कृषि कानूनों के संशोधन की बात कह चुकी है उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन कानूनों का विरोध किया जा रहा है इससे उनके दोहरे चरित्र का पता चलता है श्री प्रसाद ने कहा कि किसानों के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार बड़ी कम्पनियों के साथ सांठ गांठ करके किसानों को बर्बाद करना चाहती है उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान भी ठेके पर आधारित कृषि की सिफारिश की गई थी उन्होंने यह भी कहा कि अनेक राज्य सरकारों ने अपने यहां ठेका कृषि लागू की थी और इनमें कई राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार थी श्री प्रसाद ने कहा कि ठेका खेती के प्रावधानों के अन्तर्गत ठेके में भूमि शामिल नहीं होगी और केवल उनकी उपज की बिक्री से ही सरोकार होगा

श्री प्रसाद ने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में सभी हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत के अलावा प्रशिक्षण और विचारों के आदान प्रदान कार्यक्रम चलाए गए थे इस वर्ष जून से अब तक इस विषय पर एक लाख सैंतीस हजार वेबीनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें लगभग बानवे लाख बयालीस हजार किसानों ने हिस्सा लिया श्री प्रसाद ने कहा कि इस वर्ष नवम्बर तक साठ हजार करोड रुपये मूल्य के तीन सौ अठारह लाख टन धान की खरीद की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पुराने कानूनों से नये भारत का निर्माण नहीं हो सकता है एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो कानून पिछली सदी में उपयोगी हुए वे अगली सदी में बोझ बन जाते हैं उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने ट्रकड़ों ट्रकड़ों में बदलाव किया लेकिन अब संपूर्णता के साथ बदलाव किया जा रहा है किसान संगठनों के भारत बंद को देखते हुए आज आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है पटना विश्वविद्यालय की आज होने वाली बीए बीएससी और बी कॉम प्रथम खंड की परीक्षाएं बाईस दिसम्बर को होगी वहीं विश्वविद्यालय ने आज होने वाली स्नाताकोत्तर और अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है नालंदा खुला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड और परामर्श कक्षाएं आज नहीं होगी इस संबंध में अगली तिथियों का प्रकाशन जल्द ही किया जायेगा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने आज होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी आज होने वाली डीएलएड की परीक्षा स्थगित कर दी है यह परीक्षा पन्द्रह दिसम्बर को पूर्व निर्धारित केन्द्रों पर आयोजित होगी वहीं बिहार विधान परिषद में कार्यालय परिचारी के लिए आज होने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया है आज जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार था उनके लिए अब तेरह दिसम्बर को साक्षात्कार आयोजित होगा इसके अलावा सीए की आज होने वाली फाउंडेशन परीक्षा तेरह दिसम्बर को आयोजित होगी प्रदेश में कोरोना टीकाकारण के लिए आधार कार्ड की जगह पैन नम्बर जरूरी होगा पैन की अनुपलब्धता की स्थिति में वोटर पहचान पत्र ड्राईविंग लाईसेंस या बैंक पासबुक की छाया प्रति जमा करनी होगी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य अधीक्षकों तथा सिविल सर्जनों की बैठक में इस संबंध में जानकारी दी गयी सभी से अपने अपने संस्थान में कार्यरत कर्मियों का डाटा जल्द से जल्द तैयार करने को कहा गया इधर कोरोना की संभावित वैक्सीन को वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पटना एम्स में शुरू हो गया है कल सोलह स्वयंसेवकों को टीके की पहली खुराक दी गयी इससे पूर्व शनिवार को चार लोगों को टीका दिया गया था प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गयी है कल छह सौ उनासी मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तैंतीस हजार एक सौ सत्रह हो गयी है वर्तमान में पांच हजार एक सौ पचास मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है इस वैश्विक महामारी से एक हजार दो सौ संतानवे लोगों की मौत हो चुकी है पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्वी हवा के प्रभाव से धुंध और कोहरे की स्थिति बनी हुई है विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों में ठंड में बढ़ोतरी होगी हालांकि दिन का तापमान अभी भी सामान्य बना रहेगा सुबह शाम और रात के तापमान में गिरावट आयेगी इधर कोहरे के कारण आज सुबह राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दृश्यता काफी कमी रही सड़कों पर वाहनों के हेडलाईट जले दिखे ध्रंध और कुहासे के कारण विमान परिचालन लगातार प्रभावित है कल पटना हवाई अड्डे से उनतीस विमानों की उड़ान प्रभावित हुई वहीं दरभंगा हवाई अड्डे से कल भी सभी विमान रद्द है राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाएं चालू शैक्षणिक सत्र में आयोजित कराने का निर्देश दिया है विश्वविद्यालयों के काम काज की समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने इस प्रकार परीक्षा कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया जिससे परिणाम चालू सत्र में प्रकाशित किये जा सकें उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का भी निर्देश दिया राज्यपाल के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि विश्वविद्यालयों को जनवरी महीने में ऑनलाईन दीक्षांत समारोह का आयोजन करने को कहा गया है शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि छात्रवृत्ति पोशाक प्रोत्साहन साईकिल और नैपकीन वितरण जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए चालू शैक्षणिक सत्र में छात्र छात्राओं की विद्यालय में पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को खत्म किया जायेगा श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना के कारण ऑनलाईन पठन पाठन की व्यवस्था है जिस कारण विद्यालय में उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही आवश्यक कदम उठाये जायेंगे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राजगीर सफारी को मान्यता दे दी है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी केन्द्रीय टीम ने पिछले दिनों इस सफारी का निरीक्षण किया था राजगीर सफारी में शेर बाघ चीता भालू और हिरण समेत अन्य जानवरों के रखने की व्यवस्था की गयी है पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि महात्मा गांधी सेतु के दूसरे लेन पर वर्ष दो हजार बाईस के मार्च महीने से आवागमन शुरू हो जायेगा विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री पांडेय ने कहा कि दूसरे लेन को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आठ अधिकारियों का तबादला किया है ब्रजेश मेहरोत्रा को उद्योग विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है उनके पास संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा चैतन्य प्रसाद को जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव और संजीव कुमार हंस को ऊर्जा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गयी है निलंबन से मुक्त हुए सुधीर कुमार राजस्व पर्षद में अपर सचिव होंगे सारण प्रमंडल के आयुक्त आर एल चौंग्थू को राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार को सारण के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वहीं लोकेश कुमार सिंह अब विज्ञान और प्रावैधिकी विभाग के सचिव होंगे जबकि राजेश मीणा को सहकारिता विभाग में निबंधक सहयोग समितियां बनाया गया है

पंचायती राज और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया है चौदह दिसम्बर से पांच जनवरी के बीच होने वाले इस सर्वे में ऐसे कारकों की पहचान की जायेगी जिससे पेयजल प्रदूषित होता है बिहार पूलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सात आरोपियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां किसान संगठनों द्वारा बुलाया गया भारत बंद आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक भास्कर ने लिखा है आज अन्नदाता का देश भर में शक्ति प्रदर्शन बिहार में भी चक्का जाम की योजना

हिन्दुस्तान लिखता है विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाएं इसी सत्र में प्रभात खबर की सुर्खी है कल से बढ़ेगी ठंड मौसम होगा साफ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है

और पटना सहित पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में